भारत बंद प्रदेश में कुछ स्थानों पर हिंसक हो गया स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कुछ स्थानों पर कर्फयू लगाया गया है जबरन दुकानें बंद करवाने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने भिंड मुरैना ग्वालियर सागर अलिराजपुर झाबुआ अशोकनगर समेत कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन किए कई जगह प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की

मुरैना में दुकान बंद करवाने को लेकर हुई झड़प में गोली लगने से एक की मौत की खबर है वहीं भिण्ड में भी हिंसा में एक व्यक्ति की मौत की खबर है कुछ स्थानों पर वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया उमरिया आगरमालवा जिले में भारत बंद का कोई असर देखने को नहीं मिला है वहीं धार जिले में बंद का मिला जुला असर नजर आ रहा है कुछ जिलों में स्थिती तनावूपर्ण लेकिन नियंत्रण में है

शिक्षा सत्र आज से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जॉयफुल लर्निंग के साथ सत्र की शुरूआत हुई सत्र के पहले दिन बाल सभा के साथ स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ शासकीय स्कूलों में बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जायेगा स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर विजय शाह ने खंडवा जिले के ग्राम पिपलानी धनोरा भराड़ी जाकर वहां के लिए हाल ही में स्वीकृत हायर सेकेण्डरी स्कूलों का शुभारंभ किया इस दौरान श्री शाह ने बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत भी किया उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले दिन शासकीय स्कूलों में गॉव के गौरव लोकगीत और स्थानीय नाटकों को प्रस्तुत किया गया वहीं ग्वालियर में प्रवेश उत्सव के पहले दिन जिले के शासकीय स्कूलों में विशेष बालसभा का आयोजन किया गया स्वच्छता पखवाडा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता से सिद्धि पखवाड़े की शुरूआत कल से पूरे प्रदेश में हो गई है

पखवाड़े के दौरान कल स्वच्छता की शपथ दिलाई गई शुभारम्म कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता के लाभों के बारे में जानकारी दी गई शिवपुरी में स्वच्छता का संदेश देने के लिये बच्चों ने साइकल रैली निकाली

आई टीआई अभियान खरगोन में रोजगार की पढ़ाई के लिए आईटीआई अभियान आज से शुरू हो रहा है दो चरणों में आयोजित किया जा रहा ये अभियान तीस अप्रैल तक चलेगा

अभियान के प्रथम चरण में ग्रीष्मकालीन कैम्प में स्कूलों में पढ़ रहे ड्रापआउट विद्यार्थियों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्ेश्य से जिला स्तरीय आईटीआई में भ्रमण करवाया जायेगा टूरिज्म बोर्ड प्रदेश में पर्यटन के विस्तार निजी निवेशकों को आकर्षित करने पर्यटन नीति के क्रियान्वयन और पर्यटन विकास एवं प्रोत्साहन कार्य के बेहतर सम्पादन के उद्देश्य से लैण्ड बैंक बनाया है

इसका हस्तानांतरण भी प्रक्रिया में है